कार्यवाहक अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया

इसके लिए शीतकालीन सत्र के कल अंतिम दिन संविधान संशोधन विधेयक लायेगी

कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक सक्सेना ने विधायकों को शपथ दिलायी दो विधायक यशोधराराजे सिंधिया और मालिनी गौड़ सदन में उपस्थित नहीं होने के कारण आज शपथ नहीं ले पायीं ये दोनों सदस्य शपथ बाद में ग्रहण करेंगे सदस्यों की शपथ में पूरा दिन हो गया और कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी इसके पहले नवगठित विधानसभा का पहला सत्र वंदे मातरम् के गायन के साथ शुरू हुआ

विधानसभा के इस पांच दिवसीय सत्र के दौरान कल विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा कांग्रेस की ओर से एनपी प्रजापति और भाजपा की ओर से विजय शाह उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि अध्यक्ष के निर्वाचन का निर्णय भाजपा का है और कल उसे निर्वाचन के बाद सच्चायी मालूम चल जाएगी

नेता प्रतिपक्ष भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है पार्टी सूत्रों ने बताया कि श्री भार्गव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए पार्टी विधायक दल की आज शाम बैठक रखी गई थी इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राकेश सिंह शामिल हुए थे इसी बैठक में श्री भार्गव के नाम पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुहर लगाई गई

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं इनका उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना और बाल विकास तथा संबंद्व क्षेत्रों में उनकी सेवाओं को मान्यता प्रदान करना है श्रीमती गांधी ने आंगनवाड़ियों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बच्चों तक न पहुंचने पर चिंता व्यक्ति की उन्होंने कहा कि बीते समय में करोड़ों रूपए के संसाधन बर्बाद हुए हैं जबकि इनका विभिन्न बाल पोषण संबंधी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था श्रीमती गांधी ने आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सतर्क रहे और संसाधनों के ऐसे किसी दुरूपयोग की जानकारी उपलब्ध कराएं यूरिया आपूर्ति प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति सतत रूप से जारी है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों को यूरिया की वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिये हैं

विभाग द्वारा यूरिया के समुचित वितरण की व्यवस्था की गई है प्रदेश में यूरिया के काला बाजारी पर रोक लगाने के लिये प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उर्वरक समिति का गठन किया गया है यह समितियाँ यूरिया समेत अन्य उर्वरकों के वितरण पर सतत रूप से निगरानी रख रही है

श्री जावेडकर ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूल व्यवस्था को मजबूत बनाने और निर्धन प्रतिभाओं को शिक्षा का अवसर देने के लिए यह कदम उठाया है जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चार साल में नौ हजार सीटें बढ़ाई जा चुकी है

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संस्कृति सचिव रेनू तिवारी को सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में कुलपति के पद का प्रभार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए सौंपा है जानकारी के अनुसार संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्य संपादित करने के लिए नियुक्त किया गया था श्री श्रीवास्तव का स्थानांतरण अन्य विभाग में हो जाने के कारण संस्कृति सचिव रेनू तिवारी को कुलपति का पद भार सौंपा गया है कमलेश्वर पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्राम सभाओं में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी

इस निर्णय से वचन पत्र के एक बिन्दु का क्रियान्वयन हो गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पहली फाइल में ही वचन पत्र के एक बिन्दु को पूरा करने का निर्णय लिया है राज्य शासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को नवीन आदेशानुसार ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर कोहरे के चलते ठंड के तेवर फिर से तल्ख हो गए इस बीच राजधानी भोपाल में तीन डिग्री तक पारा लुढ़का वहीं प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर एक से दो डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हुई बारिश के चलते प्रदेश के मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है हालांकि कल रात में रीवा और जबलपुर संभागों के कुछ स्थानों में अचानक मौसम बदल गया और हल्की ब्रंदाबांदी भी हुयी सुबह सुबह प्रदेश के उत्तर इलाकों के साथ पूर्वोत्तर के अनेक हिस्सों के अलावा भोपाल और इंदौर संभाग में कहीं कहीं कोहरा देखा गया जिसके चलते ठंड के तेवर बदल गए मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक अभी मौसम इसी तरह का बना रहेगा

इस भर्ती रैली में विदिशा के अलावा रायसेन बैतूल हरदा छिंदवाडा भोपाल सीहोर होशंगाबाद और राजगढ जिले के युवा शामिल हो सकते है